श्री कुरैशी ने बताया कि संकट की इस घड़ी में सभी लोगो का सहयोग बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्यकर्मी स्क्रीनिंग के लिए घर आते हैं तो उन्हें पूरा विवरण दिया जाए राज्य के पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ ही कोरोना से मुकाबला कर सकते है

मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने भी सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना की इस लड़ाई में सबको सहयोग देना होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस वक्त सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है

प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिये दानदाता बढ चढकर सहयोग दे रहे हैं

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ की विधायक रमिला खडिया ने लॉक डाउन को देखते हुए क्षेत्र की गरीब जनता के लिए दो करोड रूपये स्वीकृत किए हैं

लोग कई और तरीकों से इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं श्रीगंगानगर में नर्सिंग छात्रा सर्वे ड्यूटी के साथ ही मास्क बनाकर आमजन को मुहैया करवा रही है आशा सहयोगिनियों द्वारा भी लगातार मास्क तैयार कर गांव गांव तक वितरित किए जा रहे हैं उथर उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि उदयपुर की केन्द्रीय कारागार के बंदी स्वयं अपने लिए और जिले की दूसरी जेलों के कैदियों के लिए मास्क बनाने में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक संदेश में कहा कि प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए कल दीए मोमबत्ती से रोशनी करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाएं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी प्रदेश के सभी लोगों से कल प्रधानमंत्री के आहवान को पूरा करने की अपील की है

प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट के अनुसार प्रधानमंत्री ने देशभर में अस्पतालों की उपलब्धता अलग थलग रखने की सुविधा के साथ बीमारी की निगरानी जांच और देखरेख प्रशिक्षण जैसे विषयों और तैयारियों की भी समीक्षा की

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

देशमर में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगो को चिंता करने की कोई जरूरत नही है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीदारी करते समय बैर्य रखे और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार वाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए

केन्द्र ने कृषि बीमा सुविधा को सुचारू बनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र जारी कर कहा है कि वे संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वे फसल कटाई प्रयोग के सहसाक्षी के तौर पर उपस्थित रह सकें बागवानी फसलों की आसान आवाजाही के लिए थोक विक्रेताओं मंडी संघों और राज्य बागवानी मिशनों के साथ तालमेल बनाया गया है ताकि सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके लहक डाउन के दौरान सभी किसान कहल सेंटरों के जरिए किसानों को आवश्यक सूचनाएं मुहैया करायी जा रही हैं